केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कांग्रेस द्वारा किसान बिलों के विरोध को अनुचित व भ्रामक बताया

लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर सीजन के पहले हल्के हिमपात से घाटी में ठंड का दौर शुरू

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी चर्चा की गई इस दौरान शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है मंत्रिमंडल ने सरकार के दिशा निर्देशों के तहत आगामी पहली अक्तूबर से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू करने को भी मंजूरी दी है

मुख्यमंत्री ने सुरंग के लोकार्पण के लिए समय देने की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री का आभार जताया इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय के सचिव अजय कुमार ने अटल टनल रोहतांग की विशेषताओं पर विस्तृत जानकारी दी अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसान बिलों का कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे विरोध को अनुचित भ्रामक और किसानों को गुमराह करने वाला बताया है उन्होंने कहा कि किसान आत्मनिर्भर भारत के मज़बूत स्तम्भ है ऐसे में किसानों को सशक्त करने से ही देश की प्रगति संभव है अनुराग ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों की आय दोगुना करने फसलों का सही मूल्य दिलाने और कृषि को तकनीकी से जोड़ने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं उन्होंने किसानों से विपक्ष के झांसे में आए बिना पारित बिलों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की अपील की अनुराग ठाकुर के अनुसार इन विधेयकों से किसानों की आय दोगुना करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी शपथ देवेन्द्र कुमार शर्मा प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मुख्य सचिव अनिल खाची ने आज शिमला में उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई

शपथ कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे सत्ती छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना सदर के मलाहत में आज टयूबवैल का भूमि पूजन किया

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भोरंज क्षेत्र में छटे हए घरों को प्राथमिकता के आधार पर पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं पर्यटन दिवस विश्व पर्यटन दिवस कल मनाया जाएगा पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर विभाग ने आज जिला पर्यटन अधिकारियों सहित होटल व एडवेंचर एसोसिएशन के लिए वेबिनार का आयोजन किया विभाग के निदेशक यूनुस ने कहा कि इस संवाद में प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए हैं जिन पर विचार किया जाएगा उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश में आने वाले दिनों में पर्यटन उद्योग फिर गति पकड़ेगा

इसका प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा और यह हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा यह आकाशवाणी डीडीन्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा धुमल वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिला भाजपा की गतिविधियों पर आधारित ई बुक का आज विमोचन किया इस दौरान कार्यकर्ताओं की वर्चअल बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में विफल रहने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि अस्पतालों में किसी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं अग्निहोत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अपने कोरोना योद्वाओं को सुरक्षा देने में भी नाकाम रहा है मौसम लाहौल स्पिति जिले की ऊंची चोटियों पर आज सीजन का पहला हिमपात हुआ है केलंग से हमारे संवाददाता कुंदन लाल के अनुसार रोहतांग व बारालाचा दर्रो सहित जिले की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने से घाटी में ठंड की शुरूआत हो गई है मौसम के इस मिजाज से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है राज्य के अन्य भागों में भी सुबह शाम के तापमान में गिरावट आ रही है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य में मौसम के खुश्क बने रहने की संभावना जताई है

इसी कड़ी में शिमला में उपायुक्त कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रपिता के जीवन दर्शन चरित्र शिक्षा सिद्धांत और स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष पर आधारित वृत चित्र दिखाया गया दूसरी ओर राष्ट्रपिता की स्मृति में हमीरपुर में रक्तदान शिविर लगाया गया

इसी तरह सोलन जिले में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रपिता के जीवन चरित्र व शिक्षाओं पर वर्चुअल संवाद का आयोजन किया गया

पश्चिम बंगाल में सोदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास है वह ईश्वर को छोड़कर किसी से नहीं डरता